और प्रदेश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे साढ़े नौ बजे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना दिल के ऑपरेशन के लिये रियायती स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे इस संवाद का उद्देश्य यह पता लगाना है कि सरकार के इन कार्यक्रमों से रोगियों और विशेष रूप से गरीबों के जीवन में किस तरह के बदलाव आये हैं इसके अलावा उनसे इस बारे में प्राथमिक जानकारी जुटाई जाएगी एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सम्पूर्ण संवाद नरेंद्र मोदी एप यू ट्यूब फेसबुक और सोशल मीडिया के कई अन्य प्लेटफार्मों पर उपलब्ध होगा देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अरविंद सुब्रमनियन ने कहा है कि बिहार को अपने विकास एजेंडे पर कायम रहने के लिए दस प्रतिशत की विकास दर जारी रखनी चाहिए डॉ सुब्रमनियन ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि जीएसटी राजनीति प्रशासन और प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी मॉडल है इससे बिहार जैसे उपभोग वाले राज्यों को फायदा होगा पटना में आज शाम सत्तारूढ़ एनडीए के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक होगी इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत एनडीए के वरिष्ठ नेता विधायक और विधान पार्षद भी शामिल होंगे सूत्रों ने बताया कि बैठक में केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर चर्चा होगी इसके साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों के बीच उठ रहे मतभेद की खबरों को पाटने का प्रयास भी किया जायेगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई ने बेतिया और पावापुरी मेडिकल कॉलेजों में चालू सत्र में एमबीबीएस में नामांकन पर रोक लगा दी है प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले फरवरी माह में एमसीआई की टीम ने इन कॉलेजों का निरीक्षण किया था निरीक्षण के दौरान कॉलेजों में आधारभूत सुविधा और शिक्षकों के अभाव समेत कई कमियों को दूर करने का निर्देश दिया था इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि एमसीआई ने जिन कमियों को बताया था उसे दूर कर दिया गया है श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि निजी आईटीआई की जांच की जा रही है जांच के काम में कुछ लोग बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी उन्होंने पटना में कहा कि जांच के दौरान मानक नहीं रखने वाले निजी आईटीआई की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की जायेगी श्री सिन्हा ने कहा कि जांच टीम को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को दिया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि सरकार तेल की कीमतों के लिए संवेदनशील है और इसकी कीमतों में वृद्धि की समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए काम कर रही है सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि आम आदमी को तेल की कीमतों से परेशानी न हो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों में पर्याप्त दवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है उन्होंने पटना में कहा कि स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर अठारह प्रकार की दवाएं उपलब्ध रहेगी श्री पांडेय ने कहा कि उपकेन्द्रों को सक्रिय और प्रभावी बनाये रखने के लिए उन पर निगरानी बढ़ायी जायेगी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है राज्य में अभी आठ हजार पांच सौ स्वास्थ्य उपकेन्द्र है इन केन्द्रों पर मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी और आर्द्रता की प्रतिशत में वृद्धि से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है राजधानी पटना और आस पास के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में सामान्य से तीन से चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गयी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज पटना गया भागलपुर पूर्णिया समेत राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे साथ ही तापमान में एक से दो डिग्री की कमी की भी संभावना है पूर्वानुमान में कुछ स्थानों पर तेज हवा और गरज के साथ बारिश की भी आशंका व्यक्त की गयी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट छात्र स्क्रूटिनी के लिए तेरह से बीस जून तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए शुल्क के रूप में परीक्षार्थियों को सत्तर रूपये प्रति विषय भुगतान करना होगा उन्होंने कहा कि इंटर के छात्रों के लिए कम्पार्टमेंटल परीक्षा भी आयोजित की जायेगी दानापुर रेल मंडल के डुमरांव बिहटा फुलवारीशरीफ गुलजारबाग राजगीर और बिहारशरीफ स्टेशनों पर स्थित आरक्षण टिकट काउंटर अब रविवार को खुले रहेंगे रेल मंडल के डीआरएम रंजन प्रकाश ठाकुर ने यात्रियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए मंडल क्षेत्र के इन छह स्टेशनों पर नयी सुविधा दस जून से शुरू करने के निर्देश दिये हैं इन स्टेशनों पर रविवार को सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक आरक्षण काउंटर से आरक्षित टिकट लिया जा सकता है राजधानी पटना में अगले दो माह में मेट्रो के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी केन्द्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्य के नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश शर्मा को यह भरोसा दिलाया है नई दिल्ली में दोनों मंत्रियों के बीच पटना मेट्रो परियोजना की डीपीआर तैयार करने और इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई श्री शर्मा ने कहा कि पटना मेट्रो रेल स्मार्ट सिटी और नगर निकायों के क्रियाकलापों को लेकर भी केन्द्रीय मंत्री से विमर्श किया गया पूर्णिया के डीएसए मैदान में खेली जा रही अंडर नाईनटीन रणधीर वर्मा क्रिकेट प्रतियोगिता के नॉक आउट मुकाबले में सीवान ने मुजफ्फरपुर को इकसठ रन से पराजित कर दिया समस्तीपुर और दलसिंहसराय में खेली जा रही सुनैना वर्मा महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में वेस्ट जोन ने सेंट्रल जोन को आठ विकेट से हरा दिया वहीं एक अन्य मुकाबले में ईस्ट जोन ने नार्थ जोन को तीन विकेट से पराजित किया चंडीगढ़ में आज से दस जून तक खेली जा रही सीनियर राष्ट्रीय ड्राप रोबॉल चैम्पियनशिप के लिए अक्षय और कंचन के नेतृत्व में राज्य की पुरूष और महिला टीम भाग ले रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में तीनों संकायों में छात्राओं के टॉप करने की खबर को अलग अलग शीर्षक से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है बिहार की बेजोड़ बेटियां कल्पना निधि और कुसुम दैनिक जागरण का शीर्षक है नीट में अव्वल कल्पना कुमारी बिहार बार्ड इंटरमीडिएट साइंस में भी टॉपर इस खबर के साथ अखबारों ने रिजल्ट से जुड़े अनेक तरह के आंकड़े भी प्रकाशित किये हैं टॉपरों की तस्वीरें भी छापी हैं प्रभात खबर ने परीक्षा परिणाम से जुड़ी अपनी विशेष खबर का शीर्षक लगाया है चुनौती के रूप में लें असफलता को दैनिक भास्कर की सुर्खी है ओएमआर सीट में डेढ़ गुना उछाल इसके अलावा अखबारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को प्रमुखता दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत लाभ नहीं सेवा हो राजनीति का ध्येय पटना मेट्रो से जुड़ी खबर को भी प्रमुखता मिली है

और प्रदेश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी